ऐसा पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फ़ेवर्ड नेशन यानि सर्वाधिक तरजीह वाले देश का दर्जा वापस लेने के बाद किया गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने एक ट्वीट संदेश में यह जानकारी दी सीमा शुल्क बढ़ाने से भारत के लिए पाकिस्तान के निर्यात पर भारी प्रतिकूल असर पड़ेगा पाकिस्तान से आयात की जाने वाली खास वस्तुओं में ताज़े फल सीमेंट पेट्रोलियम उत्पाद खनिज और अयस्क और संसाधित चमड़ा शामिल है भारतीय जनता पार्टी देश भर में अपने सभी जिला मुख्यालयों में आज सीआरपीएफ के अमर शहीदों को श्रद्वांजलि देने के लिए प्रार्थनासभा का आयोजन कर रही है पार्टी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने बताया कि भाजपा के निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं पार्टी ने एक वक्तव्य में कहा कि वह शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है प्रदेश में पुलवामा आतंकी हमले के विरोध में दुख प्रकट करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में लोग प्रार्थना सभाएं कर रहे हैं लखनऊ मेरठ सहित कई शहरों में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यालयों पर एकत्रित हुए और दो घंटे तक शहीदों की याद में और आतंकवाद के खिलाफ धरना दिया केन्द्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह आज हापुड़ जिले में आयोजित कार्यक्रम में पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्वांजलि देंगे वहीं गाजीपुर में केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

कार्यक्रम की शुरुआत पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि देने के साथ हुई बरेली के अर्बन हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गंगवार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत छः दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पांच अलग अलग क्षेत्रों के एक सौ पचास कारीगरों को टूल किट एवम सर्टीफिकेट प्रदान किये कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद योजना और मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऋण पाने वाले लाभार्थियों को चेक प्रदान किये देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का व्यावसायिक परिचालन आज से शुरू हो गया है यह रेलगाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी सिर्फ आठ घंटे में तय करेगी इस दौरान यह कानपुर और प्रयागराज स्टेशनों पर भी रूकेगी सोमवार और वृहस्पतिवार को छोड़कर हर्फ़्त के शेष सभी दिन लोगों को इस ट्रेन की सेवायें और सुविघायें हासिल रहेंगी गति सुरक्षा और सुविघा इस नई ट्रेन की खास पहचान है इसमें कुल सोलह वातानुकूलित डिब्बे होंगे और सभी डिब्बों में विभिन्न आयुनिक सुविवाओं के साथ साथ पैन्ट्री भी उपलब्ध कराई गई है ट्रेन में एक हजार एक सौ अट्ठाईस यात्री सफर कर सकते हैं मेक इन इंडिया की परिकल्यना को ध्यान में रखते हुये रेलगाड़ी के अधिकांश हिस्सों का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्रक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसे झंडी दिखाकर रवाना किया था प्रदेश में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों की सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होंगी सरकार द्वारा इन परीक्षाओं को नकल विहीन निर्विघ्न पारदर्शी व व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने हेतु व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दी उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को संपादित करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सभी मंडलायक्त और जिला अधिकारियों एवं क्लपतियों को भेज दिए गए हैं

एसटीएफ ने कल देर रात हरदोई जिले के संडीला थानान्तर्गत लखनऊ हरदोई रोड पर गिरोह के चार लोगों को छह सौ पैसठ पेटी अवैध शराब सहित गिरफ़्तार किया है यह सभी हरियाणा और अरूणाचल प्रदेश से अवैध शराब लखनऊ के मलिहाबाद ला रहे थे बरामद की गई अवैध शराब की कीमत पच्चीस लाख रूपये बतायी जा रही है